प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि नागरिकता संशोधन कानून से कोई भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होगा उन्होंने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह बात कही नागरिकता संशोधन कानून पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि इस कानून का देश के किसी भी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा समाज के सभी वर्गो विशेषकर गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है नई दिल्ली में मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के शक्ति नगर में आज एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं जिससे लोग लाभान्वित हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जनता की आकांक्षाओं को समझा और उनकी आशाओं के अनुरूप कार्य किया है उन्होंने कहा कि दिल्ली को मजबूत और द्रदर्शी नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है जो केवल भाजपा ही दे सकती है भेंट शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की उन्होंने प्रदेश के विकास से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की और केन्द्र से उदार आर्थिक मदद दिलाने का आग्रह किया जगत प्रकाश नड्डा ने इस दिशा में सहयोग का आश्वासन दिया है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य में सीमेंट के दामों में की गई वृद्धि की आलोचना की है एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि मूल्यों में लगातार वृद्धि से ये स्पष्ट है कि सरकार की सीमेंट कम्पनियों के साथ पूरी सांठ गांठ है उन्होंने कहा कि राज्य में बन रहा सीमेंट स्थानीय लोगों को मजबूरी में महंगी दरों पर खरीदना पड़ रहा है कुलदीप राठौर ने कम्पनियों से कीमतों में वृद्धि के फैसले को तुरन्त वापिस लेने की मांग की है राजभाषा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में आज वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया समारोह की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त सुखविन्द्र खन्ना ने की उन्होंने केन्द्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकांश कार्य हिन्दी में करने पर खुशी जताई और भविष्य में भी इस कार्य में सहयोग का आहवान किया समिति की सचिव सुधा सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना है

बिलासपुर में एक बैठक में उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पतालों में जुखाम खांसी वाले रोगियों की पर्ची के लिए अलग कांउटर बनाने के निर्देश दिए उधर चम्बा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने बताया कि न्यूजीलैंड से बीजिंग होते हुए कुछ लोग कल चम्बा आए हैं और इनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है उन्होंने खांसी जुकाम होने पर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की

इन्द्रधन्ष सूचना व प्रसारण मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चम्बा जिले में मिशन इन्द्रधनुष को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा इस संबंध में आज चण्डीगढ़ में एक कार्यशाला आयोजित की गई

समिति प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति इन दिनों केरल के प्रवास पर है समिति ने आज वायनाड में अधिकारियों के साथ बैठक कर ईको टूरिज्म व आयुर्वेद के संबंध में जानकारी हासिल की

सूरजकंड सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हिमाचल की संस्कृति पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं मेला मैदान में बनी भीमाकाली मंदिर की प्रतिकृति पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन रही है

पारम्परिक पहाड़ी शैली में बनाए गए दो मंजिला अपना घर में चम्बा जिले से एक परिवार को ठहराया गया है जो पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति व जीवन शैली का अनुभव करा रहा है मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर बाद से हल्के बादल छाए हुए हैं और उंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है मौसम के इस मिजाज से शीत लहर का प्रकोप जारी है और अनेक भागों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है उधर लाहौल घाटी में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से अवरूद्व सड़कों को खोलने का कार्य जारी है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार सीमा सड़क संगठन ने केलंग दारचा मार्ग को बहाल कर दिया है

लाहौल स्पिति कुल्लू चम्बा किन्नौर और शिमला जिले के बर्फबारी प्रभावित इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है डेटशीट प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में ली जाने वाली दसवीं कक्षा के विशेष आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षा सुबह जबकि राज्य मुक्त विद्यालय के विद्यार्थी की परीक्षा सायंकालीन सत्र में ली जाएगी

परिणाम सेना भर्ती कार्यालय मण्डी ने सैनिक सामान्य डयूटी और फार्मा वर्ग के लिए हुई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है ये परीक्षा मण्डी कुल्लू और लाहौल स्पिति के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई परिणाम सेना की वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वाईन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है